अब समाचार विस्तार से मानवाधिकार आयोग जनसुनवाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की शिकायतों का निराकरण करने के लिए आज रायपुर में कैम्प सीटिंग और जन सुनवाई आयोजित की गई आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उम्मीद जताई कि राज्य सरकार के सभी विभागों के सहयोग से समस्याओं का निराकरण होगा उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों का हनन ना हो इसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए उन्होंने बताया कि कैम्प सीटिंग के माध्यम से प्रभावितों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाती है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है न्यायमूर्ति ने मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी और स्वच्छता के विकास पर विशेष जोर दिया एनटीपीसी कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का नौवां इंडियन पॉवर स्टेशन अंतरराष्ट्रीय पावर प्लांट प्रचालन और अनुरक्षण सम्मेलन आज से रायपुर में शुरू हुआ दो दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय विद्युत ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस समय प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत लगभग सात गुना बढ़ गई है इसके लिए ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में विस्तार करना जरूरी हो गया है लेकिन ऊर्जा उत्पादन में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए उत्सर्जन मानदंडों का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है श्री सिंह ने बिजली उत्पादकों से कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता उपभोक्ताओं को चौबीसों घण्टे निरन्तर बिजली उपलब्ध कराना है इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने एनटीपीसी की सालाना विकास रिपोर्ट का विमोचन किया और पावर स्टेशनों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बिजनेस एक्सिलेंस अवॉर्ड प्रदान किए इसके अलावा उन्होंने नवा रायपुर स्थित एनटीपीसी के नवनिर्मित विश्वेश्वरैय्या भवन का उद्घाटन भी किया समारोह में टेक्नोगैलेक्सी प्रदर्शनी भी लगाई हैं जहां बयालीस से अधिक भारतीय और अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं के उत्पाद तथा तकनीक प्रदर्शित की गई हैं इस सम्मेलन का विषय ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जनरेशन कॉस्ट एण्ड इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स है सुप्रीम कोर्ट रोक समाज कल्याण विभाग में एनजीओ के माध्यम से करोड़ो रूपये के कथित घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है न्यायमूर्ति भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अपर मुख्य सचिव एमके राउत की याचिका पर सुनवाई के बाद यह रोक लगाई है जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद आज सभी जिलों में जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ सभी जनपद पंचायतों में आयोजित सदस्यों के सम्मेलन में ये चुनाव हुए

मुख्यमंत्री अमेरिका प्रवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने अमेरिका प्रवास के दूसरे दिन सेन फ्रांसिस्को में टाई सिलिकॉन वैली द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ चर्चा की भारतीय अमेरिकी निवेशकों ने छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई श्री बघेल ने निवेशकों को संबोधित करते हुये प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और अवसरों की जानकारी देते हुये उन्हें आमंत्रित किया इन दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सदस्यों से भी मुलाकात की सुप्रीम कोर्ट उम्मीदवार ब्यौरा उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे से जुड़ी अवमानना याचिका पर आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि लोकसभा के पिछले चार चुनावों के दौरान राजनीति के अपराधीकरण में चिन्ताजनक स्तर तक वृद्धि हई है न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर कारण बतायें कि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव क्यों किया गया है जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे लम्बित हैं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत के तहत स्कूल में स्वास्थ्य और आरोग्य दूत कार्यक्रम की शुरूआत की प्रारंभ में इसे देश के दो सौ जिलों में शुरू किया जाएगा इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से स्कूल जाने वाले छात्रों के विकास और शैक्षिक क्षमता में वृद्धि होगी उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को फिट इंडिया अभियान ईट राइट अभियान और पोषण अभियान जैसे कार्यक्रमों से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाएगा जिससे स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य का समग्र विकास सुनिश्चित होगा इससे सबके लिए स्वास्थ्य की कल्पना भी साकार होगी

यह इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक जारी रहेगा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की विविधता में एकता और राष्ट्रीय भावना को सशक्त बनाना है

प्रदर्शनी का उदघाटन गुंडरदेही के विधायक कृंवर सिंह निषाद ने किया इस मौके पर प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े और कार्यालय प्रमुख शैलेष फाये मौजूद थे इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने अपनी चित्रकला के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में संदेश दिया इस दौरान छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए इससे पहले स्कूली बच्चों द्वारा एक जन जागरूकता रैली भी निकाली गई एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ का सहयोगी राज्य गुजरात है इस प्रदर्शनी में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की जीवनी की चित्रमय झांकी स्वच्छता अभियान और गुजरात की संस्कृति पर्यटन स्थल आदि के संबंध में जानकारी दी जा रही है कला राज्यपाल स्काउट गाईड राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्कृष्ट स्काउट्स और गाइड्स तथा रोवर रेंजर्स को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्काउट्स और गाइड्स बच्चों और किषोरों को रचनात्मक दिषा देने उनके बीच समाज सेवा बढ़ाने और उन्हें देष सेवा के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राज्यपाल ने हर साल तीन तीन स्काउट्स और गाईड्स को दस हजार रूपए दो दो रोवर्स और रेंजर्स को पांच हजार रूपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की आठवीं कड़ी का प्रसारण आगामी आठ मार्च को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार महिलाओं को बराबरी के अवसर विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के द्रभाष नम्बर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर छब्बीस से अट्ठाईस फरवरी तक दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन कर अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं

रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देष्य से यह दिवस मनाया जाता है

इस मौके पर छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ द्वारा आज रायपुर में विश्व रेडियो दिवस और रेडिया श्रोता कार्यशाला का आयोजन किया गया वहीं ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की गई है मुख्यमंत्री भूपेष बघेल ने विष्व रेडियो दिवस पर जारी अपने संदेष में कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रेडियो संवाद का एक सषक्त माध्यम है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में आम जनता की षिकायतों को समय पर निपटाने के लिए प्रदेष के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में आंतरिक षिकायत निवारण प्रणाली शुरू की जाएगी मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिए हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है